राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक को दूसरे दिन कल प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और मजबूत करने की रूपरेखा पर चर्चा की श्री मोदी ने जांच के महत्व पर जोर देते हुए राज्यों से जांच केन्द्रों में बढोतरी करने का अनुरोध किया

श्री गहलोत ने प्रधानंत्री से आग्रह किया कि अर्थव्यवस्था के संकट से गुजर रहे इस दौर में सरकार मांग बढाने के उपायो पर ध्यान दें इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए जिससे उनकी कय शक्ति बढे साथ ही मंदी से जूझ रहे उद्योगों को श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में ट्वीट किया है इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे

यह पिछले पांच दशक से भी ज्यादा समय में दोनों देशों के बीच हुआ सबसे बडा सैन्य टकराव है इस बीच भारत को निर्विरोध रूप से संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है

ऐसे मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान कर सकेंगे

इसके लिए जिला और पंचायत समिति स्तर पर अलग अलग निरीक्षण दल गठित किए जाएंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के आयुक्त पी सी किशन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं इन निर्देशों में कहा गया है कि कल निरीक्षण दलों को जिला परिषद कार्यालय में एकत्र होने के बाद ही कार्यस्थल की जानकारी दी जाएगी

इसके लिए परीक्षा केन्द्रों को सेनिटाइज कर दिया गया है बोर्ड की गाईड लाइन के अनुसार ही परीक्षाएं कराई जा रही है

बोर्ड ने नेत्रहीन और विशेष योग्यजन परीक्षार्थियों को पहले ही इन परीक्षाओं से मुक्त कर दिया है

उन्होंने कहा कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून और जुलाई में ईरान और अफ्रीका से बड़े पैमाने पर टिड्डी का आक्रमण हो सकता है इसे देखते हुए केन्द्र सरकार किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए उचित प्रबंध करे

उदयपुर और जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्र में नये अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोले जाने की भी मंजूरी मिल गई है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जोधपुर और उदयपुर अतिरिक्त मुख्य अभियंता का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के कारण बाड़मेर और बांसवाड़ा में नये संभाग कार्यालय खोले जा रहे हैं

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं

दूरदर्शन सुबह साढ़े छह बजे इसका प्रसारण करेगा इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा इस वर्ष कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें